राष्ट्रपति मध्यप्रदेश प्रवास पर आये राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आज दमोह जिले के सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पृष्पांजलि अर्पित करेंगे वे यहां एक जनजाति सम्मेलन में भी शामिल होंगे

केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि सिंगौरगढ़ किला गोंडवाना की रानी दूर्गावती से खास तौर पर जूड़ा है

सिंगोरगढ़ किला उस समय का सबसे सुरक्षित किला था क्योंकि यह विशाल दूर्ग एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था इससे पहले राष्ट्रपति अपनी प्रदेश यात्रा के पहले दिन कल जबलपुर में राज्य न्यायिक अकादमी में डायरेक्टर रिट्रीट सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए उन्होंने ग्वारीघाट में नर्मदा आरती में भी हिस्सा लिया

अग्रणी कार्यकर्ताओं का टीकाकरण दो फरवरी से शुरू हुआ था

महिला दिवस कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है

यह दिवस महिलाओं की सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ है आम महिलाओं के साहस और संकल्प को भी उजागर करता है इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है महिला नेतृत्वः कोरोनाकाल में समानता की ओर

चौथी बार आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कूछ जिलों के समूह सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सीधा संवाद भी करेंगे पीएम जनौषधि दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह दस बजे जन औषधि दिवस समारोहों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे वे एक अन्य कार्यकम में शिलांग के पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान में जन औषधि कोन्द्र का भी उदघाटन करेंगे भारतीय जन औषधि योजना का उद्देश्य कम कीमत पर स्तरीय दवाए उपलब्ध कराना है श्री मोदी भारतीय जन औषधि योजना के लाथार्थियों के साथ चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वालों को पुरस्कृत करेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा भी उपस्थित रहेंगे

यह इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी होगी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्कूल के विद्यार्थियों शिक्षकों और माता पिताओं से आने वाली परीक्षाओं को लेकर व्यापक बातचीत करेंगे कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर जारी है

कार्यक्रम में भाग लेने वालों का चयन माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा

इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है शीर्ष न्यायालय ने कोर्विड महामारी को ध्यान में रखते हुए अदालतों में कामकाज के बारे में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें बार एसोसिएशनों के सुझावों को भी शामिल किया गया है न्यायालय ने मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष और वर्चुअल तरीके से करने के लिए प्रायोगिक आधार पर एक पायलट योजना तैयार की है इसके अनुसार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार को अंतिम तथा नियमित सुनवाई के लिए मुकदमों को सूचीबद्ध किया गया है

मन्दसौर में कल जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई जिसमें आने वाले त्यौहारों को शांतिपूर्वक मनाये जाने के संबंध में चर्चा की गई बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर ने की

रायसेन जिले के उदयपुरा और बेगमगंज के बीच कल जिला स्तरीय ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का फाईनल मैच खेला गया जिसमें उदयपुरा की टीम विजेता रही